मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज रोहतक मे करोड़ों रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया भारी बरसात होने से अम्बाला में जलभराव की स्थिति यमुनानगर के कई हिस्सों में फसल जलमग्न हुई मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में भारी वर्षा की संभावना जताई

संशोधन में प्रस्तावित बदलावों में यातायात नियमों के उल्लघन पर दंड में बढ़ोतरी थर्ड पार्टी बीमा सम्बधी मुद्दों के समाधान कैब संचालकों पर नियमन और सड़क सुरक्षा के उपाय शामिल है यह विधेयक माल और यात्रियों के आवागमन पर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिये एक राष्ट्रीय परिवहन नीति का प्रस्ताव रखता है

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश पर वित्त विभाग ने योजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत राष्ट्रीय अन्सूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अपना खोखा इत्यादि बनाने के लिए ऋण दिया जाएगा जो उन्हें तीन साल में वापस करना होगा यह ऋण उन्हीं मोचियों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है जिसने पहले ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं लिया है और जो ऋण के मामले में बकायेदार नहीं है उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने विकास के कई कीर्तिमान बनाने के साथ ही राज्य के ढाई करोड़ लोगों को किसी न किसी तरीके से सीधा लाभ पहंचाने का काम भी किया है हरियाणा के वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि भूमंडल में बढ़ रही के चलते जलवायु में हो रहे अप्रत्याशित परिवर्तन के करण तपिश पर्यावण को सुरक्षित करने के लिये अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है अतः हर वर्ष जुलाई मास में वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण के लिये सरकारी प्रयासों के अलावा गैर सरकारी संगठनों औद्योगिक घरानों तथा आवासीय कल्याण संघों को भी आगे आना होगा आज ग्रूग्राम में मनाये जा रहे उन्हतरवे वन महोत्सव में पौधारोपण अभियान में लोगों से सहयोग की अपील करते हये राव नरवीर सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम दौ पौधे अवश्य लगाने चाहिए वन महोत्स्व में ग्राम पंचायतों व जिला परिष्दों के माध्यम से हर घर हरियाली तथा हर गांव पेडों की छांव योजनायें चलाई जा रही है जिनसे राज्य हरा भरा व प्रद्वषण मुक्त ही नहीं होगा वृद्वा आवछादित क्षेत्र में भी वृद्वि होगी उन्होंने कहा कि लोगों को शादी विवाह सालगिराह सामाजिक अवसरों व उत्सवों को पौधा लगागर यादगारी बनाना चाहिए उन्होंने लोगों से विभाग द्वारा निःशुल्क वितरित किये जाने वाले पौधों को आसपास की खाली जमीन पर लगाने तथा जड़ पकड़ने तक उनकी देखभाल करने की अपील भी की

काबिले गौर है कि लोक नृत्यांगना सपना चौधरी पर टिप्पणी करने के मामले मे महिला आयोग दिग्विजय चौटाला को आज प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होने को कहा था

गौरतलब है कि किसानों की वर्षों प्रानी इस समस्या का समाधान करने के लिए यह परियोजना तैयार की गई है इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने महम के खंड कार्यालय भवन की आधारशिला भी रखी

यह भवन दो मंजिला होगा और आध्रनिक स्रविधाओं से स्रसज्जित होगा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मेडिकल मोड़ से पीजीआई तक जाने वाली सड़क के बगल में सडक़ सुरक्षा जागरूकता पार्क की आधारशिला भी रखी

इस मौके पर सहकारिता मंत्री श्री मनीष क्मार ग्रोवर रोहतक के सांसद डॉ अरविंद शर्मा भी उपस्थित थे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में कहा है कि जल संकट भविष्य में बड़े संकट में डाल सकता है इसलिये जल संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा की जा रही है मुख्यमंत्री रोहतक में व्यापारियों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे इससे पहले मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान अभियान बारे एक जागरूकता रैली को भी शहर के विभिन्न स्थानों के लिये रवाना किया चंडीगढ़ में आज केन्द्र सरकार की जल संरक्षण बारे फलैग योजना जलशक्ति अभियान की शुरूआत की गई

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण व पौधारोपण था इस मौके पर आयोजित अलग अलग गतिविधियों में बीस हजार से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया

मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के कई हिस्सों नालागढ़ अम्बाला कुरूक्षेत्र रादौर छछरौली पेहवा ताजेवाला सहित कई जगह अत्याधिक वर्षा हो रही है

यमूनानगर से हमारे संवाददाता के अनुसार रात को शुरू हई बरसात आज नौ बजे तक जारी रही जिससे पंचकूला रूड़की राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते खेतों में पानी खड़ा हो गया भंगोल रूलाखेड़ी कैल गुगलों सुढौल हरनौल सहित दर्जनों गांवों की धान की फसल इूब गई है किसानों का कहना है कि हाईवे के नीचे से पानी का निकासी की सम्रचित व्यवस्था नहीं की गई है अम्बाला मे रूक रूक कर हो रही बरसात के कारण आज अम्बाला जगाधरी म्ख्य मार्ग पर पानी भर गया जिससे यातायात बाधित हआ और लोगों को वाहन निकालने के लिये काफी परेशानी हुई अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि अम्बाला छावनी मे कई जगहों पानी भरा हुआ है और नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालने का प्रयास करे है उधर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला स्थित अपने निवास पर नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैटक कर बरसात के कारण पैदा हई जल भराव की स्थिति की समीक्षा की और सम्बंधित विभागो द्वारा किये गये जा रहे प्रबंधों की जानकारीली

उन्होंने नगर निगम के संयुक्त आयुक्त व अन्य अधिकारियों से कल हई बरसात के कारण नालों से पानी की सम्रचित निकासी सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये है

भारत का महिला प्रतियोगिता में यह तीसरा स्वर्ण है